जयराम ठाकुर ने कहा कि जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और वे भविष्य में और कड़ी मेहनत व समर्पण के साथ मेहनत करें ताकि अगली बार उनका शानदार प्रदर्शन रहे

होटल खुले राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आज से होटल व रेस्तरां खोलने की मंजूरी दे दी है पर्यटन विभाग द्वारा कल शाम इस संबंध में दिशा निर्देशों जारी किए हैं विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के होटलों में अभी केवल स्थानीय लोगों को ही ठहरने की सुविधा होगी हालांकि बाहरी राज्यों से सरकारी और व्यापारिक काम के लिए आने वालों को होटलों में ठहरने की छूट है पर्यटन गतिविधियों के लिए होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं जाएगी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला में बताया कि शिक्षण संस्थानों को खोलने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और इस बारे में फैसला जुलाई माह में लिया जाएगा भारद्वाज ने कहा कि इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा वर्चुअल रैली की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है इसके तहत शिमला संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल से होगी केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद रैली को संबोधित करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रैली की अध्यक्षता करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आहवान पर देशभर में ये अभियान शुरू किया गया है

अमर उजाला की सुर्खी है दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित कांगड़ा की तनु हिमाचल में टॉपर

पंजाब केसरी के शब्द हैं मैट्रिक का परीक्षा परिणाम घोषित बेटियों ने बाजी मारी

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोरोना से डरा हिमाचल पुलिस मुख्यालय सील हिमाचल दस्तक का कहना है डीजीपी से मिलने आए व्यक्ति की कोरोना से मौत जबकि पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल पुलिस मुख्यालय सील डीजीपी की प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव अमर उजाला की एक खबर है कोरोना का डर काजा में महिलाओं ने रोका मंत्री का रास्ता प्रवेश द्वार से लौटाया दिव्य हिमाचल लिखता है लाहुल स्पीति में स्थानीय विधायक और मंत्री मार्कंडेय को ही नो एंट्री पंजाब केसरी के अनुसार कृषि मंत्री को महिला मंडलों ने काजा में नहीं घुसने दिया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

नमस्कार